उम्मीदवार घोषित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है बहुजन समाज पार्टी ने बारह प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है इनमें नवागढ़ सीट से ओमप्रकाश वाजपेयी जैजैपुर से केशव चंद्रा बिलाईगढ़ से श्याम टंडन कसडोल से रामेश्वर कैवर्त सारंगढ़ से अरविंद खटकर अकलतरा से ऋचा जोगी चंद्रपुर से गीतांजलि पटेल कुरूद से कन्हैयालाल साहू रायपुर पश्चिम से भोजराम गौरखडे पंडरिया से चैतराम राज सरायपाली से छबिलाल रात्रे और भिलाई नगर से दीनानाथ प्रसाद शामिल हैं वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने भी अपने पांच प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है इनमें जगदलपुर सीट से मंगलराम कश्यप कोंडागांव से रामचंद्र नाग केशकाल से राधिका सोढी दंतेवाड़ा से नंदराम सोढी और कोंटा से मनीष कुंजाम सीपीआई के उम्मीदवार होंगे उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तीन सीटों लुण्ड्रा से मीना सिंह भटगांव से सुरेन्द्र लाल सिंह और कटघोरा से सपूरन कुलदीप को अपना उम्मीदवार बनाया है इधर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने पांच सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं डोंगरगांव से नरेश गंजीर कोंटा से विजय सोढी दुर्ग ग्रामीण से उत्तरा बंजारे दुर्ग शहर से बलदेव साहू और अहिवारा से रामेश्वर जांगड़े उम्मीदवार बनाए गए हैं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी कांग्रेस द्वारा बस्तर संभाग की बारह सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है जबकि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा फिलहाल नहीं की है उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अट्ठारह सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है नामांकन भरने की अंतिम तिथि तेईस अक्टूबर है दूसरे चरण की बहत्तर सीटों के लिए आगामी छब्बीस अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा विस चुनाव नामांकन पत्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने का सिलसिला तेज हो गया है इसी कड़ी में आज विधायक देवती कर्मा ने दंतेवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नंदाराम सोढी ने भी नामांकन पत्र जमा किया नारायणपुर विधानसभा सीट के लिए आज दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा अब तक नारायणपुर सीट से सात उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीद चुके हैं इसी तरह राजनांदगांव जिले में नामांकन प्रक्रिया के पांचवें दिन आज इकतालीस लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे वहीं पांच उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र जमा किए गौरतलब है कि पहले चरण में प्रदेश के आठ जिलों की अट्ठारह विधानसभा सीटों के लिए मतदान बारह नंवबर को होगा कांग्रेस भाजपा बैठक प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है इस सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने रायपुर में कांग्रेस की कोर कमेटी समन्वय समिति और पार्टी पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक ली इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की श्री पुनिया कल बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगे दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा इसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है माओवादी मुठभेड़ बीजापुर जिले में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र के मधपाल में पुलिस को बड़ी संख्या में माओवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम को रवाना किया गया इस दौरान घात लगाए माओवदियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया डीआरजी के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की करीब एक घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद माओवादी वहां से भाग गए बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन माओवादियों के शव बरामद किए इसके अलावा एक थ्री नॉट थ्री रायफल दो भरमार बंदूक तीन टिफिन बम और अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है वहीं भोपालपट्नम थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क एरिया मर्रीवाड़ा टेकमेटा में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री बरामद की गई है इधर गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोबरा के समीप सुपडोंगर पहाड़ी में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है

इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पेश है यह निर्वाचन आयोग के स्वीप अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इन दिनों विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इनमें से कई कार्यक्रम अन्ठे और अभिनव किस्म के हैं दुर्ग जिले में महिलाओं ने मिठाई प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए दिए गए संदेशों को मिठाइयों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया रायगढ़ में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने ज्योति मशाल रैली निकाली तो वहीं कवर्धा में मानव श्रृंखला बनाई गई राजधानी रायपुर में दिव्यांग बच्चों ने रंगोली बनाई और दीये जलाकर मतदान करने के लिए लोगों से अपील करेंगे उधर बिलासपुर में युवाओं ने क्रिकेट भैच खेलकर तो रायगढ़ में पुलिस जवानों ने गोल दू वोट नाम से फुटबॉल मैच खेलकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर पुलिस स्मृति दिवस प्रदेश सहित देशभर में कल इक्कीस अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस दिन सीमा पर तैनात और आंतरिक सुरक्षा में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी उल्लेखनीय है कि वर्ष उन्नीस सौ उनसठ में चीन से लगने वाली भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात दस पुलिस जवान शहीद हो गए थे उनकी याद में ही पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के तहत आज परंपरानुसार बाहर रैनी की रस्म पूरी की जा रही है बाहर रैनी के दौरान भीतर रैनी विधान के तहत बीती रात कुम्हड़ाकोट में रखी गई आठ पहिया वाले रथ विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद शाम को वापस लाया जाएगा

इसी जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधौरी के पास एक चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं कबीरधाम जिले में बिरकोना के पास एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए हैं

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा

इस बार के अंक में बेमेतरा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

इनमें से पंद्रह की हालत गंभीर बताई जा रही है